कहा नये भारत को जल से जुड़ी सभी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा

आज नई दिल्ली में अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि जल संकट का न केवल लोगों और परिवारों पर बल्कि देश और उसके विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है श्री मोदी ने कहा कि पानी का विषय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिल के बहुत नजदीक था उन्होंने कहा कि अटल जल योजना या जल जीवन मिशन से संबंधित दिशा निर्देश देश के प्रत्येक परिवार को नल से जल की आपूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं

प्रधानमंत्री ने किसानों से अनुरोध किया कि वे ऐसी फसलें उगाएं जिनमें कम पानी की आवश्यकता हो उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे दैनिक घरेलू कार्यो में पानी जैसे अमूल्य प्राकृतिक संसाधन का दुरूपयोग न करें उन्होंने स्टार्ट अप्स से ऐसी प्रोद्योगिकी का विकास करने को कहा जिससे पानी की कम से कम खपत सुनिश्चित की जा सके

जनगणना का काम दो चरणों में किया जाएगा एनपीआर देश के आम निवासियों का एक रजिस्टर है यह प्रक्रिया असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले साल अप्रैल से सितंबर माह के बीच किया जाएगा इसका उद्देश्य देश में हरेक व्यक्ति का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है इस डेटाबेस में सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल होंगे केंद्र सरकार द्वारा इस बार के एनपीआर के लिए एक गजट अधिसूचना अगस्त में हीं जारी की गई थी

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बीच कोई संबंध नहीं है एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का कोई भी डाटा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में अफवाह फैलाने वाले वास्तव में गरीबों और अल्प संख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं गृहमंत्री ने कहा कि अगर इस तरह का सर्वेक्षण नहीं हुआ होता तो कुकिंग गैस का कनेक्शन गरीबों को नहीं मिलता उन्होंने कहा कि जनगणना प्रत्येक दस वर्षो पर होती है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरूआत यूपीए सरकार ने की थी श्री शाह ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार इसे जारी रख रही है क्योंकि यह एक अच्छी योजना है

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किये

मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत सराहनीय कार्य करने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया इस योजना के तहत अच्छा कार्य करने वाले आरोग्य मित्रों और आशा कोऑर्डिनेटर को भी सम्मानित किया गया सीएए समर्थन नागरिकता संशोधन अधिनियम का चमोली के लोगों ने भी स्वागत किया है उनका कहना है कि यह अधिनियम नागरिकता देने वाला है लेने वाला नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्थापित किये गये दून इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर सदैव दून से ट्रैफिक निगरानी प्रदूषण के स्तर को नापने सर्विलांस सिस्टम वाई फाई और अन्य तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी देहराद्न की अनेक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने में भी यह सेंटर मदद करेगा

मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत देहरादून में बन रहे कलक्ट्रेट भवन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी भवन रखने की घोषणा की क्रिसमस क्रिसमस का त्योहार आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास और श्रद्धाभक्ति के साथ मनाया जा रहा है राजधानी देहरादून के तमाम गिरिजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है जहां सुबह से ही विशेष प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया लोग एक दूसरे से गले मिलकर क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं मसूरी और नैनीताल समेत कई हिल पर्वतीय पर्यटन केंद्रों पर भी त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहंचे हैं इसके मद्देनजर सभी छोटे बड़े होटलों में खास तैयारी की गई है जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था द्रुस्त कर दी है उधर अल्मोड़ा के गिरिजाघर में विशेष प्रार्थना की गई अन्य धर्म के लोगों ने भी चर्च में पहंचकर ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी बागेश्वर में चर्च में प्रार्थना सभा हई जिसमें देश राज्य और विश्व शांति की कामना की गई राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं ुशासन दिवस प्रदेश पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस अवसर पर राज्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्वासुमन अर्पित किये गए प्रदेश भाजपा मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया टिहरी जिले में भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अव्वल सिंह बिष्ट और हथकरघा लघु उद्योग समिति के उपाध्यक्ष रोशन लाल सेमवाल ने स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अटलजी के बताए रास्ते पर कार्य कर रही है उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गए नागरिकता संशोधन अधिनियम का स्वागत किया उधर अल्मोड़ा में राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर श्रद्वासुमन अर्पित किये इस अवसर पर सभा का आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने अटलजी के बताये मार्ग पर चलने की बात कही इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को देशहित में बताया उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के बारे में प्रदेश की जनता को जागरूक किया जायेगा

अन्य जिलों में सुशासन दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गए

वे तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने

अटल जी का व्यक्तिव बहुआयामी था वे एक ओजस्वी वक्ता निर्भीक पत्रकार निस्वार्थ समाज सेवक समर्थ लेखक और संवेदनशील कवि भी थे अटल जी द्वारा गुनगुनायी अटल पंक्तियां जो उनकी यादों को और ताजा कर देती हैं

राष्ट्र आज महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उनका भी स्मरण कर रहा है भारत रत्न से अलंकृत महामना मदन मोहन मालवीय ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया

आजीविका के उद्यमी बागेश्वर में आजीविका से जुड़े ग्रामीण उद्यमियों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाकर जनता को स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया बायर सेलर के इस कार्यक्रम में बागेश्वर जिले के बारह समूहों के साथ ही अल्मोड़ा चमोली पौड़ी और चंपावत जिले के उद्यमियों ने हिस्सा लिया स्टॉलों में मंडुवा चौलाई और मक्के के बिस्कुटों के साथ ही अन्य उत्पादों ने लोगों को आकर्षित किया

सेमिनार में संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया और पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी